गृहमंत्रालय ने कहा है कि एनपीआर में केवल प्रश्नावली होगी जिसका प्रारूप शीघ तैयार कर लिया जाएगा गृहमंत्रालय ने कहा कि कई राज्यों ने एनपीआर के प्रावधानों को अधिसूचित कर दिया है एनपीआर देश के नागरिकों का एक सामान्य रजिस्टर है

असम को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है क्योंकि वहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने एनपीआर के लिए तीन हजार नौ सौ इकतालीस करोड़ रूपये की मंजूरी दी है विघानसभा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लिए आरक्षण दस वर्ष और बढ़ाने संबंधी विधेयक के अनुमोदन के लिए राज्य विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र आज शुरू हो रहा है

संसदीय समिति शहरी विकास संबंधी अध्ययन के लिए गठित संसदीय स्थायी सभिति के अध्यक्ष सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि इंदौर मध्यप्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अन्य शहरों के लिये भी रोल मॉडल है इंदौर जैसे कार्य अन्य शहरों में भी कराये जाना चाहिये ये बात उन्होंने कल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंदौर में किए गए विकास कार्यो का अवलोकन करते हुए कही

समिति के सदस्यों ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में मध्यप्रदेश विशेषकर इंदौर में चल रही स्मार्ट सिटी परियोजना अमृत योजना प्रधानमंत्री आवास योजना स्वच्छता भिशन की प्रगति की जानकारी ली

इसके लिए जगह जगह तैयारियां की जा रही है

इसी तरह धार में विभिन्न विभागों के सहयोग से नेहरू युवा केन्द्र ने लालबाग से साइकिल रैली निकालने की तैयारी की है इसके माध्यम से नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जायेगा शिवपुरी जिला मुख्यालय और विकासखंड स्तर पर साइकिल रैली निकाली जायेगी जिसमें यूवाओं के साथ ही एनसीसी कैडेट स्काउट गाइड भी भाग लेंगे स्कूल खेल प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार और युवाओं को खेलों में प्रोत्साहन के लिए जरूरी कदम उठाये जायेंगे रायसेन में कल किर्केट प्रतियोगिता के समापन अवसर पर प्रस्कार वितरण करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने ये बात कहीं है उन्होंने कहा कि खेलों के विकास के साथ ही खेल गतिविधियां सेहतमंद रहने के लिए भी जरूरी है श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास है कि स्कूलों में खेलों को समूचित प्रोत्साहन भिले और प्रदेश से ऐसी खेल प्रतिभाएं सामने आये जो दुनिया में देश का नाम रोशन करें कार्यशाला प्रदष्ण के आमजन पर बढ़ते प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मध्यप्रदेश प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड इंदौर आज एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस कार्यशाला में स्वास्थ्य और पर्यावरण पर वायू प्रदूषण का प्रभाव और रणनीति विषय पर चर्चा होगी

रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैंकों और कार्ड जारी करने वाली अन्य कंपनियों से कहा है कि वे ग्राहकों को उनके डेबिट या क्रेडिड और आभासी कार्ड स्वयं चालू रखने और बंद करने की सुविधा प्रदान करें केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि जारीकर्ताओं को कार्ड धारकों के लिए ऐसी सुविधा प्रदान करनी चाहिए कि वे आवश्यकता अनुसार अपने कार्डों को भौतिक रूप में या सम्पर्क रहित रूप में लेनदेन के लिए इस्तेमाल में सक्षम बना सकें बैंक ने कहा है कि कार्ड के इस्तेमाल करने के चैनलों में मोबाइल एप्लिकेशन इंटरनेट बैंकिंग एटीएम या इंटरएक्टिव वायस रिस्पॉन्स को शामिल किया जाना चाहिए

पशुपालन और मत्यविकास मंत्री लाखन सिंह ने कल ग्वालियर में व्यापार मेला प्रागण्ड में वनमेला का शुभारंभ करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि वनमेलों के आयोजन का मकसद जड़ी बूटियों से निर्भित औषधियों का प्रचार प्रसार करना है जिससे लोग बीमारियों के ईलाज में इनका उपयोग कर सके श्री यादव ने वनमेले में स्टॉलों का निरीक्षण कर वन औषधियों के बारे में जानकारी भी ली खेलो इंडिया गुवाहाटी में चल रहे तीसरे खेलो इंडिया युवा प्रतियोगिताओं में आज से मुक्केबाजी कृश्ती और बॉस्केटबॉल के मुकाबले शुरू हो रहे हैं साईक्लिग निशानेबाजी और कृश्ती में पदक निर्धारित होंगे छठे दिन तक महाराष्ट्र पदक तालिका में सबसे ऊपर बना हुआ है और उसके बाद हरियाणा उत्तर प्रदेश दिल्ली केरल गुजरात मध्य प्रदेश तभिलनाडु मणिपुर और पश्चिम बंगाल हैं मौसम प्रदेश में कल रात से कई स्थानों पर बारिश होने के साथ ही मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है राजधानी भोपाल में भी देर रात बारिश हुई और सुबह से कोहरा छाया वहीं उज्जैन में रातभर रूक रूक कर तेज बौछार और गरज चमक के साथ बारिश हुई

शिवपुरी में कल शाम बारिश के बाद ठंडक बढ़ गई और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई नीमच से भी कल शाम तेज बारिश होने के समाचार मिले हैं मौसम विभाग ने आज ग्वालियर चंबल सागर उज्जैन भोपाल संभागों में कोहरा छाये रहने के साथ ही कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना जताई है

वहीं खंड स्तरीय शिविर जिले में पिछले दिनों आयोजित किये गये